कृषि और वन्य क्षेत्र के लिए घोषित नई योजनाओं में सिंचाई के लिए जल से कृषि को बल फलो इरीगैशन स्कीम व सौर सिंचाई योजना प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान बागवानी सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना हिमाचल पुष्प कांति योजना मुख्यमंत्री मधु विकास योजना वन समृद्धि जन योजना और सामुदायिक वन संवर्धन योजनाएं शामिल हैं पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए श्रेष्ठ शहर योजना और नई राहें नई मंजिलें योजना की शुरूआत का ऐलान किया गया है

सड़कों के सुधार के लिए हिमाचल सड़क सुधार योजना इसी तरह विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी वन मित्र योजना युवा विज्ञान पुरस्कार योजना मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र योजना अखंड शिक्षा ज्योती मेरे स्कूल से निकले मोती मेघा प्रोत्साहन योजना आज पुरानी राहों जैसी योजनाओं का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने किया है धार्मिक पर्यटन के लिए देव मूमि दर्शन जबकि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के क्षेत्र में स्वास्थ्य में सहभागिता मुख्यमंत्री निरोग योजना मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना और सशक्त महिला योजना की घोषणा की गई है

इसी तरह फसल विविधिकरण योजना जायका का दूसरा चरण सभी जिलों में एक हजार करोड़ रूपए की लागत से लागू किया जाएगा

सहकारी दुग्ध संघों को दुग्ध एकत्रीकरण व वितरण की प्रतिपूर्ति के लिए एक रूपए प्रति लीटर की दर से भाड़ा उपदान दिया जाएगा जबकि दूध खरीद मूल्यों को एक रूपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गयाहै

हिमाचल पथ परिहवन निगम को अनुदान व इक्विटी के रूप में तीन सौ करोड़ रूपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों क तबादलों के लिए पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी अटल वर्दी योजना में पहली तीसरी छठी और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी के साथ साथ स्कूल बैग दिया जाएगा

अवलोकन विधानसभा की विशिष्ट अतिथि दीर्घा में बजट भाषण सुनने के लिए मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल की पत्नी मधु बिंदल पूर्व विधायक सुरेश कश्यप उनकी पत्नी रजनी कश्यप पूर्व विधायक राधा रमण शास्त्री और गंगूराम मुसाफिर मौजूद रहे जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पहले बजट को लीक से हटकर बजट बताया है सदन में बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो पहले नहीं हुआ वह करने का प्रयास किया गया है उन्होंने कहा कि चुनौतियां अवश्य है मगर उनसे निपटा जाएगा

उन्होंने कहा पर्यटन क्षेत्र को सरकार ने प्राथमिकता दी है योजनाएं लागू करने पर भी विशेष ध्यान रहेगा ऐसा जयराम ठाकुर का कहना है

प्रतिक्रिया सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सर्वकल्याणकारी सार्थक और सधा हुआ बजट पेश किया है उन्होंने कहा कि इसमें पर्यटन ऊर्जा रोजगार शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है जिसके द्रगामी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बजट को सराहनीय विकासोन्मुखी और विकास की गति तेज करने वाला करार देते हुए इसका स्वागत किया है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी बजट को सराहनीय व ऐतिहासिक बताया है उन्होंने कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग को जो सुविधाएं दी गई हैं उनसे प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बजट को संतुलित प्रगतिशील बताते हुए कहा कि इससे समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत मिलेगी और विकास की गति तेज होगी

उन्होंने बजट को किसानों व बागवानों के लिए समर्पित बजट बताया राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा विकास निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने बजट में समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने भी खुशी जताई है संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि बजट से स्पष्ट है कि प्रदेश का नया नेतृत्व नई सोच के साथ आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध है और इसे लेकर कर्मचारी वर्ग उत्साहित है प्रतिक्रिया वीरमद्र पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ विधायक वीरमद्र सिंह ने कहा कि बजट में कोई नवीनता नहीं है पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की कई योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है उधर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि कई योजनाओं की घोषणा की गई है मगर उसके लिए धन की व्यवस्था बहुत कम है उन्होंने कहा कि ऐसे में इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा